जिले के सभी स्कूल शिक्षा संस्थान और कॉलेज आज से खुल गये प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए पंजीकरण श्रू

जम्मू के सभी स्कूल शिक्षा संस्थान और कॉलेज आज से खुल गये है कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच कल जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों को भी खोला गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल श्रीनगर के पुराने इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों तथा सुरक्षा बलों के साथ बातचीत की

उधर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि घाटी में अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन जिलों में राशन दवाइयों और दैनिक इस्तेमाल की चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करें

विधि औरन्याय मंत्रालय ने इस आशय के गजट अधिसूचना जारी कर दी है संसद ने हाल ही में सम्पन्न हुए संसदीय सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया था

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी प्रमुख योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है

इस योजना के दायरे में आने वाले किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना छह हजार रूपए दिए जाते हैं

कल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस नीति को जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बायोफ्यूल पर नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है

ऐसे में यदि प्रदेश में बायोफयूल का उत्पादन होगा तो इससे रोजगार बढेगा तथा प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी

इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज की बसों में बॉयोडीजल का उपयोग शुरू किया जाएगा

कल नई दिल्ली में उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तथा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच वीडिओ काफ्रेंसिंग के जरिये इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया

सरहद के दूसरी ओर से पाकिस्तानी थार एक्सप्रेस अभी तक जीरो पोईन्ट रेलवे स्टेशन नहीं पहची है इस समय भारतीय रेल पाकिस्तान के जीरो पोईन्ट स्टेशन तक जा रही है ऐसे में पाकिस्तानी रेल के आने के बाद ही भारतीय थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जायेगी

पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले परामर्श के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गयी है

कम दूरी की मारक क्षमता वाला यह एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में विमानों हेलीकोप्टरों और ड्रोन को निशाना बना सकता है

कल विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में जनजाति विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने यह घोषण की इस अवसर पर जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यधारा और आदिवासी समुदायों के बीच की खाई को खत्म करने के लिए समाज और सरकार को गंभीर प्रयास करना होगा इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने जयपुर में आदिवासियों के लिये दस करोड रूपये की लागत से कैरियर काउंसलिंग सेन्टर शुरू करने की घोषणा की अरावली विचार मंच की ओर से जयपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया वहीं जैसलमेर में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और प्रतिभावान आदिवासी बच्चों को पुरस्कृत किया गया इधर जयपुर में सुचना और जन सम्पर्क विभाग आयुक्त एन एल मीणा ने द ट्राइबल इंडिया पत्रिका के विशेषांक का विमोचन किया यह पत्रिका अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों से संबंधित विषयों पर आधारित है

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है यह हादसा पत्थरों से भरे ट्रक और एक कार के टकराने से हुआ

जलससांधन विभाग ने बैराज के तीन गेट खोल दिये है

टोंक में अमी हल्की बूंदाबांदी जारी है

राजधानी जयपुर में भी कल रात से ही रूक रूक कर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो रही है